श्री कांता राव ने आकाशवाणी के जरिए लोगों से मतदान में बड़चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की

इसके बाद तय समय पर मतदान शुरू हुआ खंडवा खरगोन इंदौर देवास उज्जैन रतलाम और मंदसौर लोकसभा क्षेत्रों में भी मॉकपोल की प्रक्रिया पूरी की गई यहां मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है गर्मी की वजह से मतदाता सुबह जल्द ही वोट डालकर लोकतंत्र के यज्ञ में अपनी आहुती देना चाहते हैं

हालांकि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही है प्रमुख सीटों में से एक खंडवा में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरूण यादव चुनाव मैदान में हैं वहीं लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के नाम से पहचान रखने वाली इंदौर सीट पर इस बार भाजपा ने शंकर लालवानी को उतारा है वे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं उनका सामना कांग्रेस के पंकज संघवी से हो रहा है रतलाम संसदीय क्षेत्र से मौजूदा कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया की प्रतिष्ठा दांव पर है उनका सामना भाजपा के गुमान सिंह डामोर से हो रहा है मालवांचल की उज्जैन संसदीय सीट से भाजपा के अनिल फिरोजिया कांग्रेस के बाबूराम मालवीय का सामना कर रहे हैं दोनों पूर्व में विधायक रह चुके हैं उज्जैन से सटी देवास सीट पर भाजपा के महेंद्र सोलंकी कांग्रेस के उम्मीदवार और प्रसिद्व लोक गायक प्रहलाद टिपानिया को चुनौती दे रहे हैं ये दोनों उम्मीदवार नये हैं और पहली बार सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं मंदसौर संसदीय क्षेत्र से पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की उम्मीदवार हैं वे भाजपा के मौजूदा सांसद सुधीर गुप्ता का सामना कर रही हैं वहीं धार संसदीय क्षेत्र से भाजपा के पूर्व सांसद छतर सिंह दरबार का मुकाबला कांग्रेस के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ रहे दिनेश गिरवाल से है खरगोन संसदीय क्षेत्र से भाजपा के गजेंद्र पटेल और कांग्रेस के डॉ गोविंद मुजाल्दा में मुकाबला है ये दोनों पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं

स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ परिणामों का पूर्ण और सारगर्भित विश्लेषण करेंगे

पोलिंग बूथों पर खासतौर से ठंडा पानी और छाया की व्यवस्था की गई है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया है कि आयोग ने दिव्यांगजनों बुजुर्गो गर्भवती महिलाओं एवं धात्री महिलाओं को सुगम मतदान के लिये घर से घर तक सुविधा प्रदान करने तथा मतदान करने में आवश्यक सहायता के लिये सुगम्य पोर्टल और मोबाईल एप भी तैयार किया गया है सुगम्य एप में ऐसे सभी मतदाता अपना पंजीयन कर सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं दृष्टिबाधित मतदाताओं के लिए विशेष रूप से ब्रेल में वोटर गाईड डमी ईव्हीएम बैलेट यूनिट में ब्रेल लिपि की सुविधा प्रदान की गई है इसके साथ ही जहां एक से ज्यादा बैलेट यूनिट उपयोग की जा रही है वहॉ ब्रेल लिपि में बैलेट यूनिट नम्बर दर्शाया जायेगा

जिला प्रशासन की ओर से दर्ज करवाई गई एफआईआर में आरोप है कि आचार संहिता लागू होने और प्रचार अवधि समाप्त होने के बावजूद कल दोपहर अलीराजपुर शहर के कुछ वार्डो में इनके द्वारा जनसंपर्क किया गया

इससे वारंट तामील के काम में तेजी आएगी

दिव्यांग बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं के लिये बिना कतार में लगे वोट की सुविधा